सीडीएस सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ सीडीएस नियुक्त किया गया है सीडीएस सैन्य मामलों में सरकार के एकल बिंदु सलाहकर के रूप में काम करेगा और थलसेना वायुसेना तथा नौसेना के बीच बेहतर समन्वय करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा जनरल रावत आज थलसेना अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत हो रहे हैं

राजस्व अभियान किसानों और ग्रामीणों के राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए इंदौर जिले में चल रहा ष्रन्य षक्ति अभियान अब पूरे प्रदेष में लागू होगा इसके लिए प्रदेष मंत्रीमंडल की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा ये बात प्रदेष के गृह और जिले के प्रभारी मंत्री बाला बच्चन ने जिला योजना समिति की बैठक में कही

जिले में चल रहे इस अभियान के बारे में पेश है इंदौर जिले में पंचायत स्तर तक चल रहे ष्रन्य षक्ति अभियान के माध्यम से खातेदारों के नामांतरण बंटवारे और सीमांकन के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जा रहा है

राजस्व अधिकारी इस पंजी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अविवादित बंटवारे और नामांतरण का निराकरण कर रहे हैं

उन्होंने छात्राओं की माँग पर रीवा में एक और कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने की घोषणा की श्री पटवारी ने कहा कि रीवा शहर में पुलिस सेना एनसीसी आदि क्षेत्रों में प्रवेश की इच्छुक छात्राओं के लिये ट्रेनिंग सेंटर और मार्गदर्शन केन्द्र खोला जाए

इससे पहले यह सीमा आज समाप्त हो रही थी यह आठवां अवसर है जब केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने व्यक्तियों के लिए पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाई है खेलो इंडिया तीसरे खेलो इंडिया युवा खेल दस जनवरी से गुवाहाटी में आयोजित होंगे

कल रात आकाशवाणी के एक कार्यक्रम में खेलो इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश जोशी ने बताया कि इन खेलों में लॉन बॉल और साइकलिंग प्रतियोगिता पहली बार शामिल की जायेगी

राजभवन में नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में श्री टंडन ने कहा कि माता पिता गुरुजनों और अपने परिवेश से प्राप्त होने वाले संस्कार ही व्यक्ति को एक अलग पहचान देते हैं उन्होंने कहा कि किसी भी विधा में सतत परिश्रम करने से हम उस विधा के विशेषज्ञ बन जाते हैं इस विशेषज्ञता के सामने कोई प्रमाण पत्र अधिक मायने नहीं रखता इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने कहाकि हमारे पास युवाओं के रूप में एक बड़ी सम्पदा है जिसके चलते क्रांतिकारी परिवर्तन संभव है मौसम ठंड प्रदेश में आसमान साफ रहने नमी में कमी होने और उत्तर से चल रही हवाओं के कारण इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है कई जिलों में शीतलहर का असर है

वहीं सागर रीवा शहडोल जबलपुर ग्वालियर चंबल उज्जैन और भोपाल संभाग में शीतलहर रही जबकि कई संभागों में कहीं कहीं तीव्र शीतलहर का असर रहा तो कुछ संभागों में घना कोहरा छाया रहा शीतलहर और कोहरे की वजह से आम जन जीवन और आवागमन प्रभावित हआ शिवपुरी और हरदा जिले में दो व्यक्तियों की ठंड से मृत्यू हो गई मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में चल रही शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है उधर सीधी जिले में ठंड के कारण अब दो जनवरी से स्कूल खोले जायेंगे शिवपुरी भिंड बैतूल नरसिंहपुर जिलों में भी शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है उधर छिन्दवाड़ा जिले के सौसर में पाला पड़ने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है मौसम विभाग ने उत्तरी भारत में सकिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भोपाल सहित प्रदेश के कई इलाकों में आज से तीन जनवरी तक हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है नववर्ष तैयारी शरद ऋतु की कड़कड़ाती सर्दी में भोपाल सहित प्रदेश के नागरिक नये वर्ष के स्वागत में उसकी पूर्व संध्या को गर्मजोशी के साथ मनाने की तैयारियों में व्यस्त हैं भोपाल शहर के प्रमुख आयोजनों स्थलों में जहां सांस्कृतिक आयोजनों और मेलों की धूम मची हुई है वहीं प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर भी लोग अपने अपने तरिके से सर्दी की छटिटयां बिता रहे हैं शहर के प्रमुख होटलों और रेस्तरा में भी कई तरह के गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यकमों के आयोजन किये जा रहे हैं इन आयोजनों में शामिल होने के लिये युवा वर्ग और बच्चों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है उधर राज्य सरकार ने भी नये वर्ष की पूर्व संध्या को शानदार तरिके से मनाने की तैयारी की है पर्यटन और संस्कृति विभाग के साथ साथ नगर निगम ने आज भोपाल के बड़े तालाब पर बने बोट क्लब पर जश्न ए भोपाल के नाम से एक आयोजन किया है